आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित द्रकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी केन्द्र सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है गृह मंत्रालय के आदेश में दुकानों के लिए आवश्यक ऐहतियाती उपाय बरतते हए पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करना अनिवार्य किया गया है आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की द्कानें तीन मई तक बंद रहेंगी संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी यह छूट लागू नहीं होगी वहीं केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रेस्त्रां सेलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है कोरोना कैबिनेट सचिव समीक्षा केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जन स्वास्थ्य के कार्यो और आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने तथा प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा की वीडियों कान्फ्रेसिंग में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव आरपी मंडल अपर मुख्य सचिव सुब्रत साह और डीजीपी डीएम अवस्थी सहित अन्य अधिकारी भी शॉमिल हुए इस दौरान देश के विॅभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य और जिलों में वापसी राहत शिविरों में ठहरे मजदूरों और अन्य प्रभावतों की समस्याओं को लेकर केन्द्र सरकार के उच्च अधिकारियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच विस्तार से चर्चा हुई कैबिनेट सचिव ने नगरीय क्षेत्रों से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली बैठक में लॉकडाउन के दौरान और बाद में सार्वजनिक परिवहन औद्योगिक क्षेत्रों की गतिविधियों के संचालन और कोरोना वायरस के कन्टेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के तहत कार्य करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई कोरोना बैंकिंग उद्योग निर्देश केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को इक्कीस अक्टूबर तक छह महीने के लिये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद इक्कीस अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण यह अधिसूचना जारी की गई है

यह मरीज राजधानी रायपुर के एम्स में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत् है इसकी जानकारी एम्स प्रबंधन की ओर से दी गई है मिली जानकारी के मुताबिक एम्स का यह नर्सिंग स्टाफ बीते चौदह अप्रैल से आइसोलेशन में था चौदह अप्रैल से पहले उन्होंने कोरोना वार्ड में ड्यूटी की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर एनएम नागरकर से टेलीफोन पर चर्चा कर कोरोना वायरस से संक्रमित नर्सिंग ऑफिसर के स्वास्थ्य की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए इस बीच छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वायरस से संक्रमित दो और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई इन्हें भिलाकर अब तक बत्तीस मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं वर्तमान में कोरोना से संक्रमित पांच मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित सैं तीस मरीजों की पृष्टि हई है इसी तरह प्रदेश में वर्तमान में इकतीस हजार दो सौ बहत्तर लोगों को होम क्वारेंटाइन और तीन सौ बत्तीस लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है कोरोना बच्चे वापसी प्रक्रिया देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कोटा राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को लाने के लिए संतानवे बसों को रवाना किया गया है इनमें से पंचानवे बसें छात्रों को लाने के लिए तथा दो बसों में डॉक्टर और चिकित्सा दल के सदस्य गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघले के निर्देश पर छात्र छात्राओं के लिए भोजन सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है बसों के साथ डॉक्टरों और अधिकारियों का दल भी भेजा गया है ताकि विद्यार्थियों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो अधिकारियों ने बताया कि कोटा से वापस आने के बाद इन बच्चों को चौदह दिन के क्वारेंटाइन पर रखा जाएगा उन्हें सीधे घर जाने की अनुमति नहीं होगी अभिमावक परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर आठ नौ पांच नौ शन्य आठ आठ नौ आठ छह पर संपर्क कर सकते हैं इस बीच कोटा से आ रहे विद्यार्थियों को क्वारेंटाइन में रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है राजनांदगांव जिले के लगभग चार सौ से अधिक विद्यार्थी कोटा में अध्ययनरत् हैं राजनांदगांव जिला प्रशासन ने क्वारेंटाइन के लिए विभिन्न स्कूलों को अधिकृत किया है वहीं राज्य शासन द्वारा अन्य प्रदेशों में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों और पर्यटकों के साथ ही श्रमिकों को भी वापस लाने का प्रयास जारी है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौंसठवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा कोरोना आरोग्य सेत ऐप देश में करीब सात करोड़ पचास लाख लोग अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेत ऐप डाउनलोड कर चुके हैं केंद्रीय इलेक्टॉनिक्स और सुचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने यह जानकारी दी श्री धोत्रे ने र्वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों की पहल की समीक्षा करते हुए कोरोना वायरस से संघर्ष में इस ऐप को सर्वाधिक उपयोगी बताया उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान यह ऐप सामान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है

श्री बघेल ने कहा है कि निकट भविष्य में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू होना संभावित है साथ ही कार्यालयों में बड़ी संख्या में आमजनों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि देशव्यापी इस आपदा का प्रभाव लंबी अवधि तक रहना निश्चित है इसलिए कार्यालयों में सैनिटाईजेशन भी आवश्यक है ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं रायपूर जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडॉउन के दौरान आदेशों और निर्देशों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वहीं जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले में वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए विवाह के लिए आवेदन किए जाने पर सशर्त अनुमति दी जाएगी वैवाहिक कार्यक्रम में वर वध् और पंडित को मिलाकर कुल बीस सदस्यों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी उधर कोरिया जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के मामले में उप अभियंता की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है इधर दर्ग जिले में प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में चौदह सौ पचयासी लोगों से लगभग सवा तीन लाख रूपये का जर्माना वसला है इसी जिले में कोरोना वायरस की जंग लड रहे स्वास्थ्यकर्मी नगर निगम के कर्मचारी पत्रकार और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के रैंडम सैंपल लेने का कार्य शुरू हो गया है वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन और कोल केमिकल विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हैंड फ्री हैंड वाशिंग सिस्टम बनाया है मुख्य महाप्रबंधक जीए राव ने आज इस प्रणाली का उदघाटन किया दूर्ग संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने आज राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई तैयारियां का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने के साथ ही अन्य दिशा निर्देश भी दिए इधर बिलासपुर में मंगला रोड कृद्रदंड माता चौरा के पास होम आईसोलेट किया गया एक युवक अपने घर में ताला लगाकर परिवार समेत गायब हो गया है पुलिस इनकी तलाश कर रही है उधर स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शक्ला ने आज धमतरी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने मसीही अस्पताल में प्रस्तावित कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए वहीं कबीरघाम और सरगुजा जिले में आगामी आदेश तक गुटखा पान मसाला तम्बाकू और गुड़ाखू की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है इस बीच रेडक्रॉस वॉलिटियर्स द्वारा आज कवर्घा में सामाजिक द्री बनाने मास्क का उपयोग करने और हाथों को नियमित रूप से धोने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया कोरोना चकमक अभियान सजग कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा यनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की शरूआत की चकमक अभियान के तहत लॉकडाउन के समय बच्चों को घरों में ही पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर सिखाने की पहल की जाएगी पारिवारिक सदस्यों को बच्चों के साथ आनंदपूर्ण गतिविधियां भी कराई जाएंगी इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और समग्र विकास की प्रक्रिया को घर तक बढ़ावा देने को लिए यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से तैयार सजग कार्यक्रम की भी शुरूआत की गई है

जशप्र जिले के मोड़ो गांव की रजनी टोप्पो ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए राशि प्राप्त हुई है वहीं जन धन योजना के तहत भी उनके बैंक खाते में राशि आई है

कांकेर जिले के बेवर्ती मांझापारा के आशाराम नेताम ने बताया कि किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के तहत दो हजार रूपये की राशि आई है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए विश्व मलेरिया दिवस आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है यह दिवस पच्चीस अप्रैल को मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए विश्व के प्रयास के रूप में मनाया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ के आसान अभियान से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शपथ ले कोरोना पूर्व मुख्यमंत्री पीसी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लॉकडाउन के दौरान पड़ोसी राज्यों में फंसे बस्तर के मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने की मांग की है डॉक्टर सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला कलेक्टरों से बात कर मजदूरों को जहां है वहीं रोका जाना चाहिए और और उन्हें बस के माध्यम से लाने का प्रयास करना चाहिए

आरोपियों के पास से दो वाहन और दस नग मोबाइल सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है आरोपियों में उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के एक एक व्यक्ति शामिल हैं मौसम मौसम विमाग ने प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है

इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने और ओले गिरने के भी समाचार मिले हैं कोरिया जिले के बैक ं ठपूर और खड़गवां क्षेत्र में मौसम बदलने के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई रमजान देशभर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की श्रद्धालुओं ने कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज सहित आम जनता को मुबारकबाद दी है

बीजापुर जिले की जयतालूर खदान में डूबने से एक युवती की मौत हो गई राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने चालीस लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोयलारी में आठ लीटर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहीं ग्राम केवटाडबरी के पास बारह लीटर कच्ची महुआ शराब भी जब्त की गई है